उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के उन लोगों को हर संभव सहायता देगी जो किसी अन्य स्थान पर रहते हैं और त्यौहार मनाने के लिए घर लौटना चाहते हैं

पाकिस्तान को भी अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे ले जाने में मदद मिल रही थी प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर आतंकवाद और अलगावाद से मुक्त हो जाएगा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी खाली पद भरे जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पारदर्शिता के साथ कराए गए थे और इसी तरह विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का स्वागत किया है स्लग धर्मेंद्र त्रिवेंद्र मुलाकात केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि उत्तराखण्ड के चारों धामों बदरीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के लिए हर सम्भव मदद की जायेगी कल देहरादून में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंगोत्री यमुनोत्री में नागरिक और अस्थापना सुविधाओं के कार्य गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानि गेल द्वारा किया जायेगा केदारनाथ में ओएनजीसी के माध्यम से अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्य किये जायेंगे श्री प्रधान ने अधिकारियों से पीएनजी और सीएनजी की कार्य प्रगति की जानकारी भी ली उन्होंने इन कार्यो में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों और गेल के अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में होने वाले आगामी महाकुंभ के लिए हर सम्भव मदद देने का भी आश्वासन दिया

यह ग्रीन कुंभ के आयोजन के लिए अच्छी पहल होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुंभ के मद्देनजर हरिद्वार के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि हरिद्वार में सती घाट का विकास और हल्द्वानी में पीएनजी का विस्तार करना जरूरी है इस पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सहमति जतायी स्लग समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये हैं देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों के माध्यम से इस अभियान के तहत सभी जिलों में इनोवेटिव कार्य कराये जाएं उन्होंने अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों के लिए हो रहे कार्य और धात्री महिलाओं के टेक होम राशन वितरण की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत जनपद देहरादून को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है

चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दस किलोमीटर की परिधि में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये बैठक में उन्होंने संस्थागत प्रसव के प्रतिशत को बढ़ाये जाने प्रसव के तुरंत बाद नवजात को मां का दूध पिलाए जाने के महत्व को प्रचारित करने सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने समेत कई दिशा निर्देश दिये बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पिछले वर्षों में अनेक स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है

उत्तराखंड को फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने फिल्मकारों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करायी हैं

जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये फिल्मों की शूटिंग की अनुमति जल्द से जल्द देने की व्यवस्था की गई

चमोली और टिहरी जिले में बादल फटने से दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि दो लोग लापता हैं चमोली जिले के देवाल विकासखंड के उलनग्रा तलोर पदमल्ला बामन बेरा फल्दिया गांवों के पीछे के जंगलों में कल रात करीब दस बजे बादल फटने से इन गांवों में भारी मलबा आया सबसे ज्यादा नुकसान फल्दिया गांव को हुआ यहां गांव के बीचों बीच बहने वाले बरसाती गदेरे में पानी का सैलाब और मलबा आने के कारण एक महिला और उसकी सात वर्षीय बेटी की मृत्यु हो गई

घरों में मलबा भर गया है गांव की सड़क और पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है अन्य गांवों में भी मकानों और खेतों को नुकसान पहुंचा है बादल फटने की घटना की सूचना पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने फल्दिया गांव का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया

एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है प्रभावित परिवारों के रहने का इंतजाम गांव के प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल और पंचायत घर में किया गया है स्लग आफत की बारिश टिहरी टिहरी जिले में कल देर रात भारी बारिश से घनसाली तहसील के थारती गांव में एक मकान के ऊपर आये मलबे से मां बेटे की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य बच्ची घायल है

सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य शुरू किया बादल फटने से नैनचामी घाटी के थारती भटवाड़ा ठेला आदि गांवों के संपर्क मार्ग पुलिया विद्युत लाइन ट्रांसफार्मर पेयजल लाइनें सिंचाई गूल और कई हेक्टर जमीन बह गई

बिजली और पानी की व्यवस्था भी ठप हो गई उधर जिले के कीर्तिनगर तहसील में भी बादल फटने से दो खच्चर और गौशालाएं बह गई

स्थानीय लोगों की मदद से मकान में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया यहां ऊखीमठ में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ लोगों के घरों में मलबा घुस गया वहीं अगस्त्यमुनि में भी मलबा आने से केदारनाथ मार्ग प्रभावित हो गया

स्लग अगस्त क्रांति दिवस अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आज अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान जिलाधिकारी नितिन भदौरिया समेत स्कूली बच्चों और तमाम संगठन के लोगों ने देश की वीर सपूतों को श्रद्दा सुमन अर्पित किये इस अवसर पर अल्मोड़ा जेल नये रूप में दिखाई दिया कई सालों से जेल की जर्जर हो चुकी इमारत और नेहरू वार्ड की मरम्मत कर बेहतरीन ढंग से सजाया गया अगस्त क्रांति के अवसर पर जेल को अन्य जगहों पर स्थानान्तरित कर पर्यटकों के लिए खोलने की मांग तेज होने लगी है आपको बता दें कि अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त हरगोविन्द पन्त सहित कई प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं अल्मोड़ा जिला जेल में चाचा नेहरू से जुड़ी यादे आज भी संरक्षित की गयी है जेल में नेहरू वार्ड है जहां पर उनकी कुर्सी चारपाई चरखा लोटा थाली को संभाल कर रखा गया है